ं उत्तराखण्ड में हिमस्खलन से चमोली जिले में बाढ राहत और बचाव कार्य जारी केन्द्रीय गृह मंत्रालय की स्थिति पर नजर ् भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाम्यास कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा शुरू ्र राज्य में कल से सिनेमाघर और सभागार खुल सकेंगे छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये स्कूल भी खुलेंगे ं देश में सत्तावन लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड का टीका प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट हुई अठानवे दशमलव छः चार प्रतिशत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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसके लिये एक सौ सत्तानवे उम्मीदवार मैदान में रहे झुन्झुनू नागौर और बांसवाडा के तीन निकायों में अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध चुन लिये गये थे उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन कल होगा

उदयपुर जिले की तीन नगर पालिका में से एक पर कांग्रेस एक पर भाजपा और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष चुना गया है

पाली जिले की सातों नंगरपालिकाओं में भाजपा प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं

इससे आसपास के इलाकों में बाढ आने की खबर है आपदा में बडी संख्या में लोगों के बह जाने की आशंका है जिले के तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना को बाढ से भारी नुकसान पहंचा है आईटीबीपी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने प्रभावित इलाकों में पहुंच कर बचाव कार्य शुरू कर दिया है ग्लेशियर से बनी झील के ट्रटने के बाद क्षेत्र की क्छ नदियों में अचानक बाढ़ आ ग ई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की गृहमंत्री अमित शाह ने हिमस्खलन पर गहरा द्रख जताते हये कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चमोली प्राकृतिक आपदा पर गहरी संवेदना जताई है राज्यपाल ने प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की तलाश के लिये राहत और बचाव ऑपरेशन पूरी सतर्कता से चलाने का आहवान किया है

श्री शर्मा ने बताया कि इस पारदर्शी व्यवस्था से देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा

इसके लिए अमेरिकी सैन्य दल पहुंच चुका है

इसमें उदयपुर जोधपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही प्रतापगढ पाली जालौर बाड़मेर जैसलमेर और नागौर जिले के युवा भाग लेंगे यह सेना भर्ती सैनिक सामान्य पद और अन्य विभिन्न पदों के लिये होगी

पंजीकृत अभ्यर्थी ही रैली में भाग ले सकेंगे

स्कूल का समय सुबह साढे दस से दोपहर तीन बजे तक रहेगा स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षायें भी कल से शुरू होने जा रही है

सभी स्थानों पर हैल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा इसका उल्लंघन करने पर केन्द्र और राज्य सरकार की गाईडलाइन के अनुसार जुर्माना वसूला जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढाने की जरूरत है उन्होने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि टीकाकरण की गति बढाने के लिये जरूरी कदम उठाये जायें

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सत्तानवे दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है इधर प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट अठानवे दशमलव छः चार प्रतिशत हो गई है

सकिय मामलो की संख्या भी अब एक हजार चार सौ चौसठ रह गई है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

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस बार उर्स में शामिल होने से पहले जायरीन को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा

आज जयप्र में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होने कहा कि यह बजट कृषि क्षेत्र को सुद्रढ बनाने वाला है साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कई वर्गो को संबल प्रदान किया गया है तेल और गैस की कीमतों में बढोतरी के सवाल पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि केन्द्र सरकार तेल के दामों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है

आज मुंबई में एक प्रेस वार्ता में कहा कि वह करदाता के हर रुपये की कद्र करती है और चाहती हैं कि उनके एक एक पैसे का उचित इस्तेमाल हो

उन्होंने कहा कि अशांति और अफवाहें फैलाना मीडिया का काम नहीं है आज पुणे के पास एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया को आलोचना करने का अधिकार है किन्तु उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना ऐसा नहीं करना चाहिये प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है माउन्ट आबू में पारा गिरकर आज फिर जमाव बिन्दु पर पहुंच गया

भीलवाड़ा चित्तौड़गढ उदयपुर और चूरू में भी शीतलहर का असर बना हुआ है